प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा के लिए आज तीन शहरों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि श्री मोदी अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीचट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे ट्वीट में बताया गया है कि ऐसे समय में जब देश में कोविड संक्रमण से निपटने के प्रयास निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री का यह दौरा और इस अवसर पर वैज्ञानिकों के साथ उनकी चर्चा काफी महत्वमपूर्ण होगी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 प्रधानमंत्री आज सबसे पहले अहमदाबाद के पास स्थित जायडस बायोटेक पार्क में कैंडिला फार्मस्युझटिकल्स के कोविड वैक्सीकन बनाने वाले संयंत्र का दौरा करेंगे और वहां टीका बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे

राज्य का रिकवरी रेट अब बढ़कर संतानबे दशमलव एक दो प्रतिशत हो गयी है

राज्य में शनिवार और रविवार को कोरोना संकमण की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा इस दौरान राज्य के सभी जिलों में रैपिड एंटीजेन के जरिए एक लाख चालीस हजार लोगोंकी जांच की जायेगी इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है इसके अलावा सभी जिलों में आरटीपीसीआर और ट्रनेट की भी नियमित जांच जारी रहेगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि जो लोग दूसरे प्रदेशों से लौटे हैं या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनका अनिवार्य रूप से जांच की जाए दो दिनों का विशेष जांच अभियान रांची रामगढ़ लोहरदगा खूंटी बोकारो हजारीबाग और जमशेदपुर में चलेगा जबकि शेष जिलों में जांच अभियान केवल एक ही दिन चलेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संकमण के कारण किसी भी राज्य में स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं इसलिए झारखंड में भी स्कूल खोलने पर फिलहाल सरकार ने फैसला नहीं किया है मुख्यमंत्री कल रामगढ़ के लुकइयाटांड में अपने दादा सोबरन सोरेन के शहादत दिवस कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये बातें कहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना बचाव के लिए अपील की कि कोरोना संक्रमण के फैलाव की संभावना है इसलिए लोग सतर्कता बरते राज्य सरकार की ओर से दिये गए गाइडलाइन का प्ररी तरह से पालन करें और सामाजिक दूरी का पालन करें इसके साथ ही मास्क अनिवार्य रूप से पहने

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति मुद्दे च्नौतियां और भविष्य विषय पर आभासी माध्यम से आयोजित एक वेबीनार को संबोधित किया श्री पोखरियाल ने कहा कि नयी शिक्षा नीति विश्वा में उन प्रमुख नीतियों में से है जिनपर व्यापक विचार विमर्श किया गया उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति छात्रों को सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनके चरित्र को संवारने पर केन्द्रित है

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

वेतनमान और सेवा निवृत्ति की अवधि एक समान की जायेगी राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में एक अवमानना यचिका की सुनवाई के दौरान यह संकल्प न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया राज्य सरकार ने कहा है कि समान सुविधाएं देगी जल्द ही इसका प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी सरकार के इस निर्णय से लगभग दो हजार आयुष चिकित्सकों को लाभ होगा आयुष चिकित्सकों की ओर से डॉक्टर अमरेन्द्र पाठक ने यचिका दायर कर एलोपैथिक चिकित्सकों के समान सुविधाएं देने का आग्रह किया था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 सुनवाई के बाद लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पत्रकारों को बताया कि उनकी ओर से अदालत को यह बताया गया कि उनके मुवक्किल ने आधी सजा काट ली है केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह आकांक्षी जिला हजारीबाग के प्रभारी पदाधिकारी एससीएल दास अपनी टीम के साथ कल हजारीबाग पहुंचे परिसदन में श्री दास हजारीबाग के विकास कार्यों का जायजा लिया नीति आयोग के विकास के विभिन्न पारा मीटर के तहत प्रत्येक विभागों में हो रही गतिविधियों की अलग अलग जानकारी ली परिसदन में शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण कृषि बागवानी वन विभाग ग्रामीण विकास सहित अन्य योजनाओं को लेकर विभागवार समीक्षा की

समीक्षा बैठक में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस उप विकास आयुक्त अभय सिन्हा डीएफओ हजारीबाग सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे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 लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में कल यूनीफाईड कमाण्ड की बैठक आयोजित हई इस बैठक में पेशरार प्रखण्ड में भी कस्तुरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय के भूमि चिन्हित कर ली गई है

इसके अलावा एक पावर सब स्टेशन का भी निर्माण विद्युत प्रमण्डल लोहरदगा द्वारा कराया जायेगा जिसके लिए ओनेगढ़ा में जमीन आवंटित हो चुकी है इस संबंध में उपायुक्त द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को उचित दिशा निर्देश दिये गये उपायुक्त ने कहा कि पेशरार तथा किस्को प्रखण्ड में बहुत सी लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं इसका उदेश्य सुदुरवर्ती क्षेत्र के लोगों को सशक्त तथा स्वावलंबी बनाना है इससे लोगों का पलायन रुकेगा जो मात्र अपनी जीविका चलाने के लिए अपना घर छोड़ कर अन्य राज्यों में सपरिवार पलायन कर जाते हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाली समाज का प्रमुख त्योहार सोहराय पर्व और अपने दादा जी के शहादत दिवस पर अपने पैतृक गांव नेमरा में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए

झारखंड मुक्ति मोर्चा के अग्रणी नेता राज्यसभा सांसद शिवू सोरेन के पिता स्वर्गीय सोबरन सोरेन के पूर्वज पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़ क्षेत्र से गोला प्रखंड के नेमरा गांव आए थे इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की एक दर्जन पंचायतों में रहने वाले गरीब एवं विधवा महिलाओं के बीच अगले एक पखवाड़े तक कम्बल का वितरण किया जाएगा गढ़वा जिले में जिला प्रशासन ने किसानों के सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना को धरातल पर उतारने का फैसला लिया

घटना में मुख्य न्यायाधीश के एस्कॉर्ट वाहन के दो जवान घायल हो गए हैं

जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश रांची से पटना जा रहे थे

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू की टीम ने कल गढ़वा प्रखंड के कोरवाडीह पंचायत के मुखिया शरीफ अंसारी को चार हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तारी के बाद मुखिया को एसीबी की टीम स्थानीय पुलिस के समक्ष प्रस्तृत करने के बाद अपने साथ पलामू ले गयी

प्रभात खबर ने लालू की जमानत पर सीबीआई का विरोध इस खबर को पहले पत्रे पर स्थान दिया है

दैनिक भास्कर ने झारखंड में कोरोना सैंपल की जांच को प्रभावी होने को लेकर चिंताएं की खबर को पहले पत्रे की सुर्खियां बनाया है दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे की खबर को पहले पत्रे पर जगह दी है